हजारों लागों को मिलेगा रोजगार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नोएडा में दक्षिण कोरियाई कम्पनी सैमसंग की नयी मोबाइल उत्पादक फैक्ट्री के शुरू होने से दोनों देशों के आपसी संबंधों को नई ऊँचाई मिली है नोएडा में आज दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ फैक्ट्री क उदघाटन के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस नये कारखाने से एक हजार लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा और हर महीने एक करोड फोन का उत्पादन किया जायेगा उन्होंने कहा कि कोरियाई तकनीक को भारतीय सहयोग से पूरी दुनिया में एक नइ बढ़त हासिल होगी बाइट आज डिजिटल टेक्नोलॉजी सामान्य नागरिक के जीवन को सरल बनाने में अहम भूमिका निमा रही है

समारोह को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के समय सैमसंग कम्पनी अपनी उत्पादक इकाई कहीं अन्यंत्र स्थानान्तरित करने की बात कर रही थी लेकिन सरकार की आर्थिक नीतियों और प्रोत्साहन के कारण सैमसंग इस ब्रहद उत्पादन इकाई को आज शुरू कर रही है प्रधानमंत्री मोदी और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने दिल्ली से नोएडा तक की यात्रा मेट्रो से पूरी की उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की आज सवेरे बागपत जेल में हत्या के सिलसिले में चार अधिकारियों जेलर उदय प्रताप सिंह उप जेलर शिवाजी यादव प्रमुख वॉर्डन अरिजिन्दर सिंह और वॉर्डन माधव कुमार को निलंबित किया गया है मेरठ क्षेत्र के अतिरिक्तर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि जेल में दो गुटों की आपसी प्रतिद्वंद्विता में मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई हमारे संवाददाता ने बताया कि जौनपुर निवासी मुन्ना बजरंगी का नाम दो हजार छह में गाजीपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के पूव विधायक कृष्णा नंद राय की हत्या में भी आया था इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई ह और जिला अधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी कर दिए है जेल के भीतर हत्याक को गंभीर घटना बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी न्यायिक जांच कराने की घोषणा की है वो माफिया था बहुत सारे मामलों में लिप्ता था लेकिन जेल के अंदर इस प्रकार की गंभीर बात है और हम इसकी तह में जाएंगे जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ ठोस कार्यवाही करेंगे मुन्ना बजरंगी को रंगदारी वसूलने के मामले में स्थानीय अदालत में पेश करने के लिए झांसो जेल से बागपत जेल लाया गया था उस पर हत्या अपहरण रंगदारी वसूली और लूट के कई मामले प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज है उसकी पत्नी ने हाल ही में जेल के भीतर उसकी हत्या की आशंका जाहिर की थी सुनील शुक्ला आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार पारम्परिक शिल्प और लघु उद्योग के संरक्षण तथा उनमें अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के साथ साथ लोगों की आय में वृद्धि करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद योजना चला रही है यह योजना इसी वर्ष चौबीस जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी श्री योगी कल मुरादाबाद में वन डिस्टिक्ट वन प्रोडक्ट की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार पारम्परिक शिल्प और लघु उद्योगों के संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पम्परागत उत्पादों के निर्यात और प्रोत्साहन के लिए स्थानीय उद्यमों में निवेश प्रोत्साहन के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम और निवेश मित्र पोर्टल शुरू किया गया है श्री योगी ने कहा कि मुरादाबाद पीतल नगरी और मेटल हैंडीक्राफ्ट के लिए विश्व प्रसिद्ध है गौरतलब है कि मेटल आर्ट वेयर उत्पादों के निर्माण में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगभग ढाई से तीन लाख लोग लगे हुए हैं जनपद में एक हजार पांच सौ छोटी बड़ी इकाईया है और औसतन छह हजार करोड़ रूपये का निर्यात यहां से प्रति वर्ष किया जाता है आगामी चौदह जुलाई को मेरठ सहित प्रदेश के सभी जनपदों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जायेगा इन अदालतों का उद्देश्य लोगों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर सस्ता और सलभ न्याय उपलब्ध कराना है मेरठ के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव चन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आलोक सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली अदालत में न्यायालयों में लम्बित वादों सिविल वाद फौजदारी के शमनीय वाद जलकर बिजलीकर आयकर राशनकार्ड वाणिज्यकर सेवा संबंधी वाद रेलवे प्रतिकर कैंटोमेंट बोर्ड वन विभाग बैंक मोबाइल बिल तथा अन्य विभागों से संबंधित वादों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर कराया जायेगा

जो भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपने मामले का निस्तारण कराना चाहता है वह संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना वाद लोक अदालत में लगाकर सुलह समझौते के आधार पर उसका निस्तारण करा सकता है

उच्चतम न्यायालय ने आगरा से बाहर रहने वाले लोगों के लिए ताजमहल परिसर में स्थित मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने से रोकने के आगरा विकास प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है न्यायमूर्ति एके सोकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने व्यवस्था दी कि ताजमहल दुनिया के सात अजूबों में शामिल है और लोग यहां के अलावा अन्य मस्जिदों में भी जाकर नमाज पढ़ सकते हैं याचिका में आगरा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के विगत चौबीस जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि जो लोग आगरा में नहीं रहते उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से जूम्मे की नमाज पढ़ने क लिए ताजमहल के भीतर बनी मस्जिद में जाने की अनुमति नहीं होगी प्रदेश के अधिकांश भागों में वर्षा न होने और ऊँचे तापमान के चलते गर्मी से जन जीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है लोग उमस भरी गर्मी से परेशान है अधिकांश स्थानों पर तापमान चालीस डिग्री के आसपास मंडरा रहा है हाप्रड़ जनपद में तापमान बयालीस डिग्री दर्ज किया गया पीलीभीत जनपद में बादल छाये रहने और हल्की बूंदाबांदी से लोगों को कुछ राहत मिली बलरामपुर जनपद में वर्षा न होने से धान रोपाई का काम रूक गया है और लोगों को वर्षा होने का बेसबो से इंतजार है मौसम विभाग ने आज सांय बुलन्दशहर गौतमबुद्ध नगर गाजियाबाद जालौन तथा संभल जनपदों और इसके आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है

पार्टी कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश मीडिया प्रभारी रहे हरीश श्रीवास्तव सहित दस लोगों को प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है मनीष दीक्षित को प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाया गया है इसके अलावा दो प्रदेश मीडिया सह प्रभारी तथा बारह लोगों को प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान मृदास्वास्थ्य कार्ड योजना का लाभ उठा रहे हैं

इसका उद्देश्य किसानों को उर्वरकों की सही मात्रा के इस्तेमाल के बारे में जागरुक बनाना है

योजना से जुड़ते हुए प्रदेश में लाखों किसानों ने अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराया है पीलीभीत जिले के चांदपुर निवासी किसान शत्रुधन पाण्डेय ने आकाशवाणी को बताया कि परीक्षण के बाद मिले मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार सही उर्वरकों का प्रयोग करने पर उनके खेत की उपज में भी बढ़ोतरी हुई है मृदा परीक्षण से पहले धान गेहूँ और गन्ने के फसल में उर्वरक जींक सुक्ष्म पोषक तत्व का पता न होने के कारण कृषि में लागत अधिक आती थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलने के बाद संतुलित मात्रा में इसका प्रयोग कर कृषि लागत में कमी आई है मृदा स्वास्थ्य कार्ड सरकार की एक अच्छी योजना है इसका सभी किसान भाइयों को लाभ लेना चाहिए पूरे प्रदेश में अब तक ढाई करोड़ से अधिक किसानों ने अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाते हुए मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाये हैं अब यह किसान अपने खेतों में अंधाध्रंध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी नहीं करते और उनके खेतों की पैदावार भी बढ़ी है उच्चतम न्यायालय ने दो हजार बारह के निर्भया सामूहिक दुराचार मामले में दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की याचिका को नामंजूर कर दिया है मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले में फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की पुर्नयाचिका पर फैसला चार मई को सुनवाई कर सुरक्षित रख लिया था पिछले वर्ष पांच मई को दिये गये फैसले में उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक दुराचार के चारों व्यक्तियों को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई फांसी की सजा को बरकरार रखा था गौरतलब है कि सोलह दिसम्बर दो हजार बारह को दिल्ली में बस में सवार निर्भया के साथ दुराचार और क्रूरता की गई थी बाद में निर्भया की मौत हो गई थी कानपुर में गंगा नदी में नहाने गये छह किशोरों की नदी में डूब जाने से मृत्यु हो गई है पुलिस ने बताया है कि गोताखोरों की मदद से सभी के शव निकाल लिये गये हैं इन किशारों की उम्र दस से चौदह वर्ष के बीच बताई जा रही है यह सभी कानपुर शहर के बाबूपुरवा थाना अन्तर्गत अजीतगंज क्षेत्र के रहने वाले थे